इस अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में वीडियों कांफ्रेंस के जरिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ई एपिक कार्यक्रम का श्भारंभ किया

इसके माध्यम से मतदाताओं के बीच मतदान संबंधी जागरुकता पैदा की जाती है ई एपिक फोटाय्क्त मतदाता पहचान पत्र का डिजिटल स्वरुप है और इसे वोटर हेल्पलाइन ऐप तथा वेबसाइट पर देखा जा सकता है अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने देशवासियों से मताधिकार का सम्मान करने का आहवान करते हए कहा कि लोगों को बिना किसी धर्म जाति और संप्रदाय के भेदभाव के मताधिकार मिला है और इसमें गरीब एवं अमीर का कोई अंतर नहीं है

वेस्ट सियांग जिले के आलो में उपाय्क्त कार्यालय परिसर में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शपथ ली जिला निर्वाचन अधिकारी मोकी लोई ने मतदाताओं से भारतीय निर्वाचन आयोग के पोर्टल के ई एपिक पेज से आवश्यक प्रमाण पत्र डाउनलोड करने की अपील की पासीघाट में आयोजित कार्यक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ किन्नी सिंह ने मतदाताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक करने और अद्वारह वर्ष की आय् पूरी कर च्के य्वाओं को मतदाता सूची में शामिल करने पर जोर दिया

इस अवसर पर धेमाजी जिले की ए डी सी जिमली साईकिया काकोति ने मतदाताओं से आगामी च्नाव में मताधिकार का उपयोग करने की अपील की

आज य्वा प्रस्कार विजेताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये प्रस्कार केवल एक उदाहरण है कि छोटे छोटे विचारों के सही दिशा में काम करने से कैसे बड़े परिणाम आते हैं श्री मोदी ने कहा कि प्रस्कृत बच्चों की सफलता से कई लोग प्रोत्साहित होंगे इस वर्ष बत्तीस किशोर किशोरियों को नवाचार शिक्षा खेल कला और संस्कृति सामाजिक सेवा और बहाद्री के क्षेत्र में असाधारण योग्यता और उत्कृष्ठ उपलब्धियों के लिए यह प्रस्कार दिए गए इनमें चार बच्चे नॉर्थ ईस्ट से हैं

सड़क स्रक्षा माह दो हजार इक्कीस अभियान के दौरान सड़क द्र्घटनाओं में कमी लाने हेत् यातायात नियमों पर जनजागरुकता अभियान चलाया जा रहा है ईस्ट सियांग जिले एक पासीघाट में आयोजित सड़क स्रक्षा माह कार्यक्रम के दौरान ए डी सी टी बोरांग जिला यातायात अधिकारी मारिक लोई सहित बड़ी संख्या में परिवहन सेवा से ज्ड़े कर्मी उपस्थित थे इस अवसर पर श्री लोई ने बताया कि गत सत्रह फरवरी तक चलने वाले सड़क सुरक्षा माह के तहत लोगों को यातायात नियमों के पालन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जिले के सभी इलाकों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है

बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए चह्ंम्खी विकास योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया और क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई